सशस्त्र बल ने आज देश के कोरोना योद्वाओं के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया स्वास्थ्य पेशेवरों सुरक्षा अधिकारियों सफाई कर्मियों आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रंखला से जुड़े कामगारों और मीडियाकर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सेना ने कोविड अस्पतालों पर हेलिकॉप्टर से प्रष्प वर्षा की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 गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्वाओं के सम्मान में आज राजधानी रांची में हेलिकॉप्टर से रिम्स और सीसीएल अस्पताल में वहां उपस्थित डॉक्टरों नर्स टेक्निषियन सहित उन तमाम कर्मचारियों पर पूष्य वर्षा की गयी जो इस कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं सुबह साढे दस बजे सबसे पहले रिम्स में फिर सीसीएल अस्पताल पर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गयी राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या एक सौ पंद्रह हो चुकी है कल देवघर में दो पॉजिटिव मरीज मिले राज्य में अब तक कोरोना के नवासी एक्टिव मामले हैं इसमें सिर्फ रांची जिले में एकहत्तर एक्टिव मामले हैं रांची में अब तक तिरासी मामले मिल चुके हैं जिनमें दस मरीज ठीक भी हो चुके हैं रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ी राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं

आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय की सराहना करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय ने इस संक्रमण से मुकाबले के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिए हैं केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है कल ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है उन्होंने कहा कि इसमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इस ऐप के जरिये निगरानी रखी जा रही है उन्होंने ऐप की डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे भी उठाये थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कल से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है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

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान श्रीकृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है

प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर दो विषेष ट्रेन रांची पहुंच चुकी है वहीं तीसरी विषेष ट्रेन आज कोटा से छात्रों को लेकर धनबाद पहुंचेगी इसके अलावा आज केरल से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विषेष ट्रेन हटिया पहुंच रही है इससे पहले कोटा से नौ सौ सत्तर छात्र छात्राओं को लेकर विषेष ट्रेन हटिया पहुंची जिन्हें सरकार द्वारा सकृषल अपने अपने गृह जिलों तक पहुंचाया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य से बाहर फंसे उन सभी प्रवासी मजदूरो को सरकार वापस अपने राज्य में लायेगी

जिला प्रशासन ने सभी छात्र छात्राओं की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद घर भेज दिया

कल रात नौ बजे विषेष ट्रेन विद्यार्थियों को लेकर कोटा से धनबाद के लिए प्रस्थान कर चुकी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लायेगी कल दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई वीडियो काफ्रेंसिंग के बाद उन्होंने कहा कि एक साथ सभी मजदूरों को वापस लाना संभव नहीं है इसलिए दूसरे राज्यों में फंसे शेष मजदूर धैर्य रखे उन्हें भी सरकार वापस लायेगी उन्होंने कहा कि वैसे मजदूर जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री विषेष सहायता मोबाइल ऐप्प के माध्यम से निबंधन नहीं कराया है वे षीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेषन करा लें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने निजी वाहनों से प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लाने की इच्छा रखते हैं वे अपने अपने जिलों के उपायुक्त से अनुमति लेकर दूसरे प्रदेषों में जा सकेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएमसीएच में इलाजरत झारखण्ड पुलिस के जवान रजनीश कुमार चौबे के समुचित इलाज के लिए आवश्यक मदद करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि साहिबगंज मंडलकारा में पदस्थापित सिपाही रजनीश कुमार चौबे को अपराधियों ने खदेड़ कर तीन गोली मार दी थी इसके बाद उसे पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री को बताया गया कि इलाज में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लाने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है

मुतक गढवा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी मकसूद अंसारी बताया गया है जबकि घायल उसकी पत्नी सहीना वीवी और एक महीने के बच्चे को इलाज के लिए गढवा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

तीनों घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है

इस घटना में वहां मौजूद चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई जबकि ट्रेलर चालक सहित तीन घायल हो गये घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश और चुरचू प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतू सिंह वहां पहुंचे घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोग जुट गए और प्रशासनिक पदाधिकारियों से सड़क पर फ्लाईओवर की मांग करने लगे उपायुक्त भूवनेश प्रताप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मुआवजा के लिए प्रस्ताव बनाकर देने की बात कही